कल न्यूयॉर्क में संयुक्त जलवायू परिवर्तन शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक संकट से निपटाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है अपने संक्षिप्त संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मार्गदर्शक सिद्धांत आवश्यकता है लालच नहीं उन्होंने विश्व नेताओं को बताया कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के क्षेत्र में भारत ने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है उन्होंने कहा कि सरकार ने पंद्रह करोड़ परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई है श्री मोदी ने जल संसाधनो के विकास के लिए जल जीवन का भी उल्लेख किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जीयो माईनिंग सेक्टर में आपार क्षमताओं को राज्य के लोगों के कल्याण के लिए खोलने के प्रति गंभीर है राज्य सचिवालय में ऑल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज और तेल के दौहन के लिए सरकार वन मंजूरी को फास्ट ट्रेक पर देने के लिए कदम उठा रही है श्री खांडू ने कहा कि सरकार और राज्य में निवेश रोजगार और राजस्व संग्रह को प्राथमिकता दे रही है ऑल इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित बरुवा महाप्रबंधक अरिजित शर्मा सहित कई आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रिलियम उत्पादन के संबंध में योजना की जानकारी देते हुए रिजर्व फोरेस्ट एरिया में पढ़ने वाले परियोजनाओं को शुरु करने के लिए आवश्यक मंजूरी जल्द प्रदान करने का अनुरोध किया है राज्य की प्रथम महिला श्रीमती निलम मिश्रा ने प्रदेश के सभी लोगों से अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने की अपील की है कल राजभवन में कार्यरत कर्मचारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्रीमती निलम मिश्रा ने कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अब न करे उन्होंने कहा कि हर ऐसे प्रयास अपने घर से ही शुरु होते है और उन्होंने राजभवन में रह रहे सभी से पर्यावरण को स्वच्छ हरा भरा स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने में सक्रिय योगदान देने की अपील की राज्य सरकार वुशु को पूर्वी अरुणाचल सहित भारतीय खेल प्राधिकरण ईटानगर और सांगे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी में शुरु करेगी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हालही में चंदीगढ़ में आयोजित जूनियर नेशनल वुशु चेंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली स्टेट वुशु टीम से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने इस मुकाबले में आठ स्वर्ण छह रजत और दो कास्य पदक जीतने पर टीम को बधाई दी मुख्यमंत्री ने इन खेल अकादमी में सभी अवरचनात्मक सुविधाए उपलब्ध कराने और राज्य के खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैय्या कराने का आशवासन दिया है आपातकालिन स्थितियों में छोटे बच्चों को सहायता और संरक्षण प्रदान करने के लिए चौबीसो घंटे काम करने वाली हेल्प लाइन सेवा चाईल्ड लाईन ने कल से लोअर दिवांग वैली के रोईंग में काम करना शुरु कर दिया है जिला उपायुक्त मिताली नामचुम ने कल इस सेवा का उद्घाटन करते हुए स्वयं सेवी संस्था आम्या के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे इस सेवा की जरिए परिशानियों में फंसे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशिलता के साथ मदद करे

मणिप्र ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फ्रटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है वेस्ट सियांग जिले के बाग़वानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट ग्राऊंड में आज खेले गए फाईनल में पिछली बार की विजेता मणिपुर ने कड़े मुकाबले में रेलवे को एक शून्य से पराजीत किया पहले हाफ में दोनो टीमे कोई गोल नहीं कर पाई खेल के द्रसरे हाफ में मणिपुर की कप्तान बाला देवी ने शानदार गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई और यहीं विजेयी गोल साबित हुई रेलवे की संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग स्वास्थ मंत्री आलो लिवांग सांसद तापिर गाव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और फुटबॉल प्रेमी उपस्थित थे